प्रधानमंत्री ने अटल जी के सम्मान में जारी किया स्मारक सिक्का

अगले वर्ष जून से शुरू होगी विमान सेवा

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिये लोकतंत्र सबसे ऊपर था उन्होंने कहा कि अटल जी ने हमेशा लोकतंत्र की मजबूती के लिये प्रयास किया श्री मोदी नई दिल्ली में अटल जी की स्मृति में स्मारक सिक्का जारी करने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अटल जी ने हमेशा राष्ट्रीय हितों की बात की और कभी इस पर समझौता नहीं किया

लोकतंत्र बडा कि मेरा संगठन बडा लोकतंत्र बडा कि मेरा दल बडा लोकतंत्र बड़ा कि मेरा नेतृतव बड़ा इसका जब कसौटी का समय आया तो यह दीर्घ द्रष्टा नेतृत्व का सामर्थय था कि उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी दल को आहत कर दिया जिस जनसंघ को अपने खून पसीने से सींचा था ऐसे जनसंघ को जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना विलीन कर दिया एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र अमर रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा

अटल जी उसमें से एक हैं उस विविधता को बढ़ाने वाला एक विविधतापूर्ण व्यक्तित्व है उसको भी भारत के राष्ट्रीय जीवन में भारत के सामाजिक जीवन में भारत के राजनीतिक जीवन में वही स्थान उपलब्ध होना चाहिए और ऐसे अनेकों को उपलब्ध होना चाहिए और वही देश को समुद्ध करता है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है पीढ़ियों को इस रास्ते से चलूं या उस रास्ते से चलूं इसका लेखा जोखा करने का अवसर मिलता है और मुझे विश्वास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए व्यक्ति के जीवन के लिए राष्ट्र जीवन के लिए समर्पण भाव के लिए वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा श्री वाजपेयी का जन्मदिन कल राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा से विमान सेवा शुरू करने के लिये आज एयरपोर्ट के आंतरिक टर्मिनल और रनवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया यह एयरपोर्ट वायुसेना के हवाई अड्डे को विकसित कर बनाया जायेगा अगले वर्ष जून महीने से यहां से विमानों की आवाजाही शुरू होने की संभावना है इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रभू ने कहा कि दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के निर्यात के लिये दरभंगा में केन्द्र स्थापित किया जायेगा उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कृषि उत्पादकों को पान मखाना और आम के लिये बाजार और सही कीमत मिल सकेगी

उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के कलाकारों के लिये विशिष्ट भौगोलिक पहचान दिलाने पर वाणिज्य मंत्रालय काम कर रहा है इससे मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को उनकी कलाकृतियों का सही मूल्य मिल सकेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे का नाम मैथिल कोकिल विद्यापति के नाम पर होना चाहिए मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि राज्य में जितने हवाई अड्डे हैं वहां से विमानों की उड़ान में बढ़ोतरी होनी चाहिए एयरपोर्ट के चालू होने से पूरे उत्तर बिहार के लोगों को फायदा होगा यहां से दिल्ली मुंबई और बैंगलूरू के लिये उड़ान सेवाएं उपलब्ध होंगी इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर पटना और गया के बाद यह राज्य का तीसरा हवाई अड्डा होगा जहां से विमानों की आवाजाही होगी केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है समारोह में नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने आज पटना के बिहटा में नवनिर्मित फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट एफडीडीआई के भवन का उद्घाटन किया इस केन्द्र में जूता और वस्त्रों के डिजाईन के लिये यूवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के यूवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त होगा इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे सीवान जिले के बड़हरिया क्षेत्र से जदयू विधायक श्याम बहादूर सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है जिले के पंचरूखी चीनी मिल की जमीन भू माफिया द्वारा बेचे जाने के विरोध में उन्होंने यह कदम उठाया है श्री सिंह ने कहा कि जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को भेज दिया है वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि विधायक का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं उस पर गौर किया जायेगा पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है मौसम विभाग ने गया औरंगाबाद भभुआ रोहतास और नवादा में अगले चौबीस घंटों के दौरान शीतलहर का अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन जिलों में न्यूनतम तापमान में पांच से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की आशंका है गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस जबकि भागलपुर और पूर्णिया का साढ़े नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा पूर्व केन्द्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया वे अठासी वर्ष के थे जय नारायण निषाद चार बार लोकसभा के सदस्य रहे वे मुजफ्फरपूर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वे पर्यावरण और वन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा राज्यमंत्री भी रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है अपने टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को सशक्त बनाने के लिये कैप्टन निषाद का प्रयास हमेशा याद किया जायेगा राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कैप्टन निषाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जय नारायण निषाद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है बारहवीं कक्षा की परीक्षा पन्द्रह फरवरी से तीन अप्रैल तक और दसवीं की इक्कीस फरवरी से उनतीस मार्च तक चलेगी

निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने भागलपुर जिले में जगदीशपुर प्रखंड के पूरैनी पंचायत के पंचायत सचिव सह पंचायती राज पदाधिकारी अनुप लाल मंडल को पैंतालीस हजार रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है आरोपी सात निश्चय योजना के तहत कराये गये विकास कार्य के भूगतान के लिये एक ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का पचपनवां स्थापना दिवस आज नई दिल्ली में मनाया गया केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह के मुख्य अतिथि थे उन्होंने नेपाल और भूटान से आए अतिथियों के साथ परेड की सलामी ली उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा बलों के जवानों के अलावा एसएसबी कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं व्यवसायी ग्रंजन खेमका हत्याकांड के विरोध में आज विभिन्न सामाजिक व्यवसायी और औद्योगिक संगठनों ने पटना के जेपी गोलम्बर से डाकबंगला तक कैंडिल मार्च निकाला इस मार्च में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से छापेमारी के दौरान पूलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के बटिया चेकपोस्ट से उत्पाद विभाग की टीम ने चौंतीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हरीपुर गांव में पुरानी बागमती नदी के किनारे झाड़ी से पुलिस ने तिरेपन कार्टन विदेशी शराब बरामद की है

प्रधानमंत्री ने अटल जी के सम्मान में जारी किया स्मारक सिक्का

अगले वर्ष जून से शुरू होगी विमान सेवा

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी